कल गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेनलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनियाभर में सस्ती दवाओं के लिए जाना जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आवश्यकताओं के बावजूद भारत ने एक सौ तेइस सहयोगी देशों को कोरोना के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध करायी उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील देश है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र और अनुशासन की बदौलत किस प्रकार वास्तविक जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित तीन योजनाओं की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से पचीस करोड़ मानव दिवस सुजन करने का लक्ष्य है इससे लाखों श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी उन्हें पौधा का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें पौधरोपण के करीब तीन वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को पचास हजार रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों का प्रसंस्करण करने की भी योजना पर सरकार कार्य कर रही है दूसरी योजना वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार पंचायत स्तर पर खेल का मैदान का निर्माण करायेगी मुख्यमंत्री ने इस योजना के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जायेगा इसके साथ ही खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान किया जायेगा तीसरी योजना नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत सरकार ने वर्षा जल से भूमिगत जल के संवर्द्वन पर जोर दिया है मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से पांच लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करने का लक्ष्य है योजना के माध्यम से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना है इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देष में कोरोना संकट के समय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत तेजी से काम का सुजन कर लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाक्र ने कहा कि योजनाओं से कृषि की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होगी केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को सात मई से चरणबद्व तरीके से स्वदेश लायेगी यह वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से भी होगी इसके लिए सभी देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगतान करना होगा और विमान यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ान की सूचना उचित समय पर दी जायेगी सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जायेगी गंतव्य पर पहंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें चौदह दिन तक सोषल डिस्टेंसिंग में रखेगी जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा चौदह दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जायेगा राज्य सरकारों को यात्रियों की जांच संगरोध और भारत आगमन के बाद आगे की यात्रा सहित अन्य प्रबंध करने की सलाह दी गई है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरूआत की इसमें स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुए रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केन्द्र और राज्य सरकारों के खरीदारो के साथ जोडना है यह ई बाजार और दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता योजना के तहत वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मुल्य में पहले ही वृद्धि कर दी है इस योजना के तहत लगभग दस लाख जनजातीय शिल्पकार परिवार ट्राइफेड से जुड़े हैं मंत्रालय ने मौजूदा लॉकडाउन से सर्वाधिक पीड़ित जनजातीय शिल्पकारों के पास उपलब्ध उत्पादों की खरीद को मंजूरी दी है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

इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजातीय मामलों से संबंधित अधिकारियों के संपर्क है उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों से लगातार संपर्क किये जा रहे हैं श्री मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों का जनजातीय क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में आवागमन निषेध किया गया है साहिबगंज जिले में बाहर से लौटे छह हजार छह सौ बावन लोगों में से पांच हजार नौ सौ छियालिस लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है

देष के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों का वापस आने का सिलसिला जारी है कल बीती रात साहिबगंज जिले के एक हजार से ज्यादा श्रमिक केरल से साहिबगंज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोरोना केयर सेंटर पहंचे उपायक्त वरुण रंजन एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि बाहर से आये श्रमिकों की जांच की गई और वे स्वस्थ्य हैं परन्तु इन्हें अभी घर मे कुछ अवधि के लिए क्वारेंटीन में ही रहना होगा वहीं राजस्थान के नागौर जिले से कल नौ सौ पांच मजदूर कल रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेषन पहंचे सभी को उनके गृह जिलों में भेजने का काम जारी हैं मजदूरों ने घर वापसी पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को धन्यवाद दिया है रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि सभी को मास्क और सेनिटाइजर देकर उन्हें घर भेजा जा रहा है उधर खूंटी जिला प्रशासन ने कल छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया सभी को बिरसा कॉलेज स्टेडियम के मैदान में मजदूरों की चिकित्सीय जांच की गयी मौके पर उपायुक्त सूरज कमार ने मजदूरो को आरोग्य सेत एप्प की जानकारी दी

इलाज के बाद लगातार दो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है

द्मका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने आम जनता से द्व्यवहार करने के मामले में जिले के गोपीकांदर थाना प्रभारी सुरेश पासवान को निलंबित कर दिया है थाना प्रभारी के खिलाफ गोपीकांदर थाना क्षेत्र के शिलंगी मोड़ पर एक होटल के कर्मचारी को सोमवार को बिना वजह लाठी से पीटने तथा उसके साथ दुर्वयवहार और गाली गलौज करने की एसपी को शिकायत मिली थी एसपी के आदेश पर एसडीपीओ पुज्य प्रकाश ने मामले की जांच की और होटल के सीसी टीवी कैमरे फ्टेज के आधार पर शिकायत को सही पाया इसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया राज्यभर में नौ मई तक बादल छाये रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिष होने का अनुमान है मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस दौरान बादल छाये रहेंगे और गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिष हो सकती है मौसम विभाग के निदेषक एसडी कोटाल ने बताया कि समुद्रतल से डेढ किलामीटर क्षेत्र में साईक्लोनिक सर्कलेषन का असर बना हआ है

इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को धनबाद रेफर कर दिया गया